आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत डेयरी मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयत्र स्थापित करने के लिए मिलेगा ऋण

अयोध्या भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन किया और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रीराम दीनदयाल थे और उनका जीवन दीन दुखियों के साथ प्रेम और सहयोग का बर्ताव करने की प्रेरणा देता है श्री मोदी ने कहा कि राम मन्दिर हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा

कार्यक्रम में देश की आध्यात्मिक परपम्पराओं से संबंधित साध्र संतों सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं इससे पहले श्री मोदी ने श्रीहनुमानगढी मंदिर को दर्शन किये भूमि पूजन समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया गया अयोध्या में राममंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह को देखते हए प्रदेश में भी हर्ष व्याप्त है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि अयोध्या में वर्षो से प्रतीक्षित राममंदिर का स्वप्न आज साकार हो रहा है राम हमारे अस्तित्व आराध्य और प्राण हैं इस अवसर पर ब्रंदेलखंड की अयोध्या के नाम से विख्यात ओरछा सहित सीहोर ग्वालियर मुरैना खरगौन उमरिया शिवपुरीगुना श्योपुर दमोह होशंगाबाद जिलों में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं वहीं मंदिरों में भी आकर्षक साज सज्जा की गई है

डाक्टरों ने श्री चौहान को सात दिन घर में क्वारण्टीन रहने की सलाह दी है वहीं श्री चौहान ने एक ट्वीट में कहा कि लोगों को कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है

खंडवा में तीन और पॉजिटिव मिले हैं

इच्छुक व्यक्ति सिडबी के पोर्टल उद्यमी मित्र पर आवेदन दे सकते हैं केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा एनीमल हसबेण्डरी इन्फ्रास्टक्चर डेव्हलपमेंट फण्ड के तहत राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं पश्पालन विभाग के अपर मुख्य सचिव जे एन कसोटिया ने बताया कि इस योजना से घरेलू बाजा में गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उपलब्ध हो सकेगा वहीं उत्पादकों को अच्छा बाजार मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी योजना में पशु आहार भी उचित दामों पर उपलब्ध कराया जायेगा शिक्षा उपलब्धि भारत को ज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षण अनुसंधान और नवाचार की दिशा में प्रयास किए गए हैं

मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते प्रदेश के कम दवाब वाले क्षेत्रों में अगस्त और सितंबर के महीने में प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर सामान्य वर्षा होने की संभावना है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के पचमढ़ी नीमच रीवा रायसेन उज्जैन जिलों में बारिश हुई संक्षिप्त समाचार स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक कल भोपाल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है

कोन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत दस से चौदह साल तक के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर की देशभक्ति कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है